होटल और रेस्तरां रात दस बजे तक खुले रहेंगे

किसान रेल देश की पहली किसान रेल की शुरूआत कल होगी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ करेंगे इन स्पेशल पार्सल ट्रेनों से किसानों की उपज का परिवहन किया जाएगा

पहले सप्ताह में दो दिन शनिवार और रविवार को पूर्णबंदी के आदेश दिये गये थे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अब से कुछ देर पहले कोरोना की समीक्षा बैठक में हुए इस निर्णय की जानकारी दी

उधर शहडोल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट निगेटिव आई है कल एक डीएसपी पॉजिटिव पाये गये थे जिसके बाद एसपी ऑपिस को दो दिन के लिए बंद किया गया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि डीएसपी की पत्नी और ड्राइवर सहित पांच लोगों की आज रिपोर्ट पॉजिटिव आई है

इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासन का आभार जताया

सबसे अहम बात यह है कि इस शिश् के अभिभावकों ने इस संक्रमण के दौरान भी माँ के दूध का महत्व समझा और बच्चे को इससे वंचित नहीं किया

उस वक्त माँ कोरोना से संक्रमित थी जन्म के क्छ समय बाद वह अपने गाँव लौट आए एक महीने के बाद बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उसे खजुराहो कोविड केयर सेंटर में रखा गया

श्री चौहान ने कहा कि यह कदम राजनीति से प्रेरित है

यहां का बासमती चावल अत्यंत स्वादिष्ट माना जाता है और अपने जायके और खुशबू के लिए यह देश विदेश में प्रसिद्ध है गौरतलब है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस संबंध में हस्तक्षेप की मांग की है पत्र में दावा किया गया है कि ऐसा हो जाने पर पंजाब और अन्य राज्यों के हित प्रभावित होंगे जिनके बासमती चावल को पहले से ही जीआई टैग हासिल है हथकरघा दिवस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कल मनाया जाएगा

जिस में संपूर्ण विश्व की अलौकिक ज्ञान सम्पदा समायी हुई है श्रीमती पटेल आज लखनऊ से महर्षि पाणिनि में संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा आयोजित संस्कृत सप्ताह के समापन कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि संस्कृत अध्ययन से असीमित रोजगार की संभावनायें बनती है श्रीमती पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत अब छात्रों को पहले से तय विषय चुनने की बाध्यता समाप्त कर दी गयी है इस नवाचारी पहल के तहत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत भाषा और ज्ञान सम्पदा के प्रसार की नई संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए राज्यपाल ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी एवं उद्देश्यपूर्ण परिवर्तन का अभूतपूर्व मौका है

आयोग ने कहा है कि यह एक नियमित व्यवस्था है और पहली सूची में शामिल उम्मीदवारों द्वारा विभिन्नि सेवाओं के लिए अपनी प्राथमिकता बदलने के बाद की स्थिति के अनुसार आरक्षित सूची में से उम्मीमदवारों की नई सूची जारी की जाती है आयोग ने कहा है कि आरक्षित सूची को गोपनीय रखा जाता है मौसम राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश हई हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में रूक रूककर बारिश का दौर जारी है नीमच शहडोलगुना विदिशा और रायसेन में भी वर्षा दर्ज की गई है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टवीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की

वहीं बसपा कार्यकर्ताओं ने भी दोषियों पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन दिया है

इन हीरों की कीमत तीस लाख के ऊपर बताई जा रही है

नमस्कार